राज्यपाल आंनदीबेन पटेल ने राजभवन में एक सादे कार्यक्रम में विधायक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे अब से कुछ देर बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेंगी सीएम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए नए साल में सभी समर्पण भाव से जुट जाएं मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रीगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए शासन के सूत्र एवं प्राथमिकताएँ बताई उन्होंने कहा कि बिना लिए दिए समय सीमा में जनता को सेवाएं प्राप्त कराना सुशासन का मूलमंत्र है जिसे हमें प्रदेश में चरितार्थ करना है

नए साल में सरकार की प्राथमिकताएं भी बताई गई जिनमें प्रमुख तौर पर सिंगल सिटीजन डाटाबेस का सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं में उपयोग प्रारंभ करना शासकीय सेवाओं के लिए इलेक्ट्रानिक सिंगल विण्डो की व्यवस्था और मण्डी एवं श्रम सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना है

इस दिशा में विभाग द्वारा इच्छुक उद्यमियों से एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट आमंत्रित की गई है दत्तीगाँव ने बताया कि प्रदेश के सभी जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को चिन्हित कर एक जिला एक पहचान को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया है इस संकल्प को पूरा करने के लिये स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किये जायेंगे वहीं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी ब्राण्डिंग की जाकर उनकी मार्केटिंग को प्रोत्साहित किया जायेगा डॉक्टर पर्ची प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में पर्ची में संबंधित डॉक्टर के हस्ताक्षर सील के साथ मोबाइल नम्बर भी होंगें ताकि संबंधित डॉक्टर का नाम स्पष्ट रहे यह बात कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्व हमीदिया चिकित्सालय की ओपी डी पंजीयन ब्लड बैंक दवा वितरण केन्द्र आदि विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण करते हुए कही उन्होंने चिकित्सालय परिसर में एक पाथ वे बनाकर सारे विभाग जोड़ने को भी कहा जिससे मरीजों को कक्ष ढूढंने में परेशानी न हो

अच्छी खबर में हर रविवार आप रुबरु होते है किसी भी इलाके की उस खबर से जो जागरुकता के साथ समाज को दिशा दिखाने में सहायक होती है

बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार